प्रधानमंत्री की सभा में शामिल होने के लिए विभिन्न जिलों से करीब ढाई लाख लाभार्थी जयपुर पहंचे है श्री मोदी इस दौरान केन्द्र सरकार द्वारा संचालित उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री आवास योजना मुद्रा योजना और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के लाभार्थियों से सीधी मुलाकात करेंगे वहीं प्रधानमंत्री राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री राजश्री योजना भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना स्कूटी वितरण योजना पालनहार योजना दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना और श्रमिक डायरी पंजीकरण के लाभार्थियों से भी संवाद करेंगे

जयपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए साँगानेर हवाई अड्डे से संवाईमान सिंह स्टेडियम पहुंचेगे

प्रधानमंत्री की यात्रा के मददेनजर सुरक्षा के व्यापक इन्तजाम किये गये हैं सभा स्थल पर लाभार्थियों को किसी तरह का बैग पैकेट और बोतल ले जाने की अनुमति नहीं होगी

दूसरी ओर पुलिस ने शहर में यातायात और वाहन पार्किंग के भी विषेष प्रबंध किये हैं

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रतिवर्ष जुलाई माह के पहले शनिवार को मनाया जाता है इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की थीम सतत् उपभोग एवं उत्पादन रखी गई है तथा इसे सहकारिता के माध्यम से सतत् समाज स्लोगन के साथ मनाया जा रहा है सहकारिता मंत्री अजय सिंह क्लिक ने बताया कि प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों और पर्यावरण सुरक्षा को देखते हुए सहकारिता संस्थाओं के माध्यम से एक लाख पौधे लगाए जाएंगे राज्य स्तरीय समारोह जयप्र के राइसेम परिसर में आयोजित किया गया इस अवसर पर पर्यावरण सुरक्षा के लिए कार्य करने पर जोर दिया गया अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकानाएं दी है

अजमेर दौरे पर आए श्री मेघवाल ने कल पत्रकारों से बातचीत में यह बात कही उन्होंने कहा कि गंगा सफाई को सोशल मीडिया पर नहीं देखा जा सकता इसे मौके पर जाकर देखना होगा

यह गेंहूँ खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जयपुर जिले की उचित मूल्य की दुकानों के जरिए पंजीकृत पात्र परिवारों को वितरित किया जाएगा इसी तरह अंत्योदय परिवारों के लिए जुलाई से सितम्बर माह तक की चीनी का भी उप आवंटन किया गया है